राजधानी पटना समेत राज्य भर में रंगों का त्योहार होली परम्परागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है सुबह से ही सड़कों पर युवाओं की टोली एक दूसरे को रंग गुलाल और अबीर लगाकर होली का उत्सव मना रही है पूरा प्रदेश होली के राग और फाग के खुमार में डूब गया है जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालयों और गांवों के हाट बाजारों में रंग और गुलाल की दुकानें भी सजी हैं अलग अलग रंग लोगों को आकर्षित कर रहे हैं होली में उपयोग होने वाली सामग्री की खरीदारी में लोग जुटे हैं होली के मौके पर विशेष रूप से गाया जाने वाला फाग गीत हर तरफ बज रहा हैं होली पर किसी भी आपात स्थिति ने निबटने के लिए अस्पतालों और फायर ब्रिगेड को अलर्ट पर रखा गया है उधर रात में लोगों ने होलिका दहन किया होली के मौके पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी है राज्यपाल श्री मलिक ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि सभी बिहारवासी इस पावन पर्व को खुशी और उमंग से मनाये ताकि समाज में सुख शांति रहे और हम तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि असत्य अहंकार और पाखंड पर सत्य के विजय पर्व के रूप में होली का त्योहार हम मनाते आये हैं उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि होली का पर्व मनाते समय सदभाव और भाइचारा हरहाल में कायम रखें इसके अलावा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं होली को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये है संवेदनशील जगहों पर पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की गयी है होली में असामाजिक तत्वों से निबटने के लिए प्रलिस तैयार है खासकर शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है पुलिस महानिदेशक केएसद्विवेदी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिये हैं पटना एयरपोर्ट समेत रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडो पर विशेष निगरानी रखी जा रही है इन जगहों पर गश्ती बढ़ा दी गयी है राजधानी पटना में होली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गयी है प्रमुख चौक चौराहे पर प्रशासन और पुलिस के वरीय अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं वस्तु एवं सेवाकर जीएसटी के तहत मुनाफाखोरों की शिकायत करना और आसान बनाने की कवायद की जा रही है जीएसटी में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को न देने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई के लिए बनी एंटी प्रॉफिटियरिंग ऑथरिटी ने शिकायत फार्म को और सरल बनाने का निर्णय लिया है ऑथरिटी ने मौजूदा फार्म में शिकायतकर्ताओं को हो रही मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए इसे बेहद आसान बना दिया है नया फार्म जल्द ही आ जायेगा आयकर विभाग ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार की एक और बेनामी संपत्ति को जब्त किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने पटना एयरपोर्ट के पास एक दो मंजिल मकान को सील किया है यह मकान फेयर ग्रो नामक एक निजी कंपनी के नाम से निबंधित है इस कंपनी में श्री प्रसाद के बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव निदेशक है इसके अलावा परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी निदेशक मंडल में शामिल हैं गौरतलब है कि आयकर विभाग और ईडी ने अब तक श्री प्रसाद और उनके परिजनों के दर्जन भर बेनामी संपत्ति को सील किया है राज्य मंत्रिमंडल ने थर्ड जेंडर को खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया यह सुविधा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिलेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के ऑन लाइन आयोजन के लिए संचालन नियमावली दो हजार दस के नियम पांच में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी कैबिनेट ने कमला बलान तटबंध के पांच किलोमीटर विस्तारीकरण कार्य और विभिन्न बिंदुओं पर सुरक्षात्मक कार्य के लिए राशि आवंटन को मंजूरी प्रदान कर दी है कैबिनेट ने खगड़िया शहर सुरक्षा योजना भाग दो की पुनरीक्षित योजना के लिए लगभग बावन करोड़ खर्च करने को स्वीकृति दी गया जिले के बोधगया प्रखंड के मोहाने नदी पर बतसपुर बीयर के कार्यों के लिए तैंतालीस करोड़ तेईस लाख आठ हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी मंत्रिमंडल ने बिहार होमगार्ड संगठन के सिपाही अधिनायक तथा अधिनायक ग्रेड वन को बिहार पुलिस के सिपाही से सहायक अवर निरीक्षक के समान ग्रेड पे लेवल देने का भी निर्णय लिया पशुपालन मत्स्य बागवानी और मधुमक्खी पालन के विविधीकरण से दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जायेगी कृषि सहयोग और कृषक कल्याण विभाग के सचिव एस के पटनायक ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि ग्रामीण हाटों के आध्रनिकीकरण और राष्ट्रीय कृषि बाजारों को पांच सौ अठाईस मंडियों को जोड़ने की व्यवस्था से कृषि बाजार में जबदरस्त परिवर्तन आयेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गिरफ्तारी के डर से विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक दो हजार अठारह को मंजूरी दे दी है वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि यह कानून बनने से आर्थिक अपराधियों को भगोड़ा घोषित किये जाने के बाद सरकार उनकी भारत में परिसम्पत्तियां कुर्क कर सकेगी मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है यह प्राधिकरण लेखा परीक्षण पेशेवरों के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में काम करेगा मगध विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में सात पदों के लिए वोट डाले जायेंगे अंगभूत कॉलेजों और स्नातकोत्तर विभागों में मतदान सत्रह मार्च को कराया जायेगा और उसी दिन परिणाम की घोषणा कर दी जायेगी सेंट्रल पैनल का चुनाव इक्कतीस मार्च को कराया जायेगा सेंट्रल पैनल के लिए चुनाव प्रक्रिया बीस मार्च को शुरू होगी भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी ऋण दरों में दशमलव दो प्रतिशत तक की वृद्धि कर उसे आठ दशमलव एक पांच प्रतिशत कर दिया है यह वृद्धि तुरंत लागू हो गई है संभावना है कि अन्य बैंक भी अपनी ऋण दरों में वृद्धि कर सकते हैं अप्रैल दो हजार सोलह के बाद एसबीआई ने अपनी ऋण दर में यह पहला संशोधन किया है बैंक द्वारा खुदरा और बड़ी मात्रा की जमा रसीदों पर ब्याज दरों में भारी वृद्धि के ठीक एक दिन बाद ऋण दरों में यह वृद्धि की गई है इस वृद्धि से मकान और कार ऋण महंगे हो सकते हैं केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शहरी महिलाओं की सुरक्षा के लिये आठ प्रमुख शहरों में निर्भया कोष के तहत उनतीस अरब रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है महिला और बाल विकास सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया वर्ष दो हजार बारह में दिल्ली में एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद निर्भया कोष का गठन किया गया था इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा स्थिति में सुधार लाना है वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण का कार्य शुरू हो गया है दो महीने लंबी यह तीर्थयात्रा अठाईस जून से जम्मू कश्मीर के बालटाल और पहलगाम स्थित मार्गों से शुरू होगी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहा है कि देश भर में पंजाब नेशनल बैंक जम्मू और कश्मीर बैंक और येस बैंक की चार सौ चालीस शाखाओं के माध्यम से इस यात्रा के लिए पंजीकरण किया जाएगा इस बार तेरह वर्ष से कम और पचहत्तर वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति गर्भवती महिला और चिकित्सकीय रूप से अयोग्य लोगों के तीर्थयात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ओपन स्कूल से विज्ञान विषयों में बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र भी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट में शामिल हो सकेंगे दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी है नीट के लिए नौ मार्च तक आवेदन फार्म जमा होंगे सब्सिडी वाला घरेलू रसोई गैस सिलिंडर ढ़ाई रूपये सस्ता हो गया है वहीं गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत में प्रति सिलेंडर अठहत्तर रुपये पचास पैसे की कमी की गयी है देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल की ओर से इसकी जानकारी दी गई है और अब अंत में मुख्य समाचार रंगों का त्योहार होली आज परम्परागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है